प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक में वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक वृद्धि को बढावा देने के उपायों पर विचार विमर्श किया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

राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या एक सौ पंद्रह हो चुकी है कल देवघर में दो पॉजिटिव मरीज मिले राज्य में अब तक कोरोना के नवासी एक्टिव मामले हैं इसमें सिर्फ रांची जिले में एकहत्तर एक्टिव मामले हैं रांची में अब तक तिरासी मामले मिल चुके हैं जिनमें दस मरीज ठीक भी हो चुके हैं देवघर जिले के सारवा प्रखंड के डाकाय और नारंगी गांव में कल एक एक कोरोना संक्रमित मिले जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जिले की उपायुक्त नैंसी सहाय ने बताया कि पूर्व के दो कोरोना संक्रमित मरीज अब ठीक हो गए हैं उनकी रिपोर्ट निगेटिव आयी है उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर तीसरी बार दोनों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था जो निगेटिव आया राजधानी रांची में आज कोरोना वारियर्स का पुष्प वर्षा कर सम्मान किया जायेगा उपायुक्त रांची ने बताया कि आज रांची में रिम्स और सीसीएल अस्पताल में पृष्प वर्षा की जायेगी और उन्हें सम्मानित किया जायेगा एमआई हेलिकॉप्टर से लगभग साढ़े दस बजे पुष्प वर्षा की जायेगी केन्द्र सरकार ने कई सेक्टरों में राहत देते हुए लॉकडाउन सत्रह मई तक बढ़ा दी है इस दौरान कंटेनमेंट जोन रेड जोन और औरेंज जोन में केन्द्र के दिषा निर्देषों का पूरी तरह से पालन किया जायेगा झारखंड में लॉकडाउन तीन के दौरान किन क्षेत्रों को छट दी जायेगी और किस पर रोक लगायी जायेगी इस संबंध में सरकार द्वारा आज निर्णय लिये जाने की संभावना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केन्द्र सरकार के निर्देषों को झारखंड में कैसे लागू किया जाये इस पर राज्य की जरूरत के अनुसार फैसला लिया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले क्षेत्रवार समीक्षा की जायेगी भौगोलिक और व्यवसायिक स्तर पर समीक्षा होगी क्योंकि झारखंड में विभिन्न जिलों में फंसे मजदूर वापस आने लगे हैं इससे नई तरह की चुनौतियां बढ़ी हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केन्द्र के दिषा निर्देषों का अध्ययन कर रही है राज्य कार्यसमिति की आज दोपहर बाद एक बजे बैठक ब्लायी गयी है जिसमें केन्द्र के दिषा निर्देषों पर चर्चा की जायेगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार सभी प्रवासी मजदूरों को वापस लायेगी कल दक्षिणी और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद उन्होंने कहा कि एक साथ सभी मजदूरों को वापस लाना संभव नहीं है इसलिए दूसरे राज्यों में फंसे शेष मजदूर धैर्य रखे उन्हें भी सरकार वापस लायेगी उन्होंने कहा कि वैसे मजदूर जिन्होंने अब तक मुख्यमंत्री विषेष सहायता मोबाइल ऐप्प के माध्यम से निबंधन नहीं कराया है वे षीघ्र ही अपना रजिस्ट्रेषन करा लें मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग अपने निजी वाहनों से प्रवासी छात्रों और मजदूरों को लाने की इच्छा रखते हैं वे अपने अपने जिलों के उपायुक्त से अनुमति लेकर दूसरे प्रदेषों में जा सकेंगे बोकारो जिला प्रषासन ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए सात बसों को कल पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ रवाना किया जिले के उपायुक्त मुकेष कुमार ने बताया कि लॉकडाडन के कारण आसपास के अन्य राज्यों में भी फंसे बोकारो जिले के श्रमिकों और विद्यार्थियों को बहत जल्द वापस लाया जाएगा प्रवासी श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार भी मुहैया कराने की योजना भी बोकारो जिला प्रशासन ने बनाई है बोकारो जिला प्रषासन द्वारा वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को मेडिकल जांच के बाद उनके घरों तक पहुंचा दिया गया है

हमारे हजारीबाग संवाददाता ने बताया कि घटना आज सुबह साढ़े सात बजे की है एक अनियंतित्रत ट्रेलर फुटपाथ पर बने दुकान में घूस गया जिसमें चार लोगों की मौत हो गयी अभी भी तीन लोगों के ट्रेलर के नीचे दबे होने की आषंका है

प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर दो विषेष ट्रेन रांची पहुंच चुकी है वहीं तीसरी विषेष ट्रेन आज कोटा से छात्रों को लेकर धनबाद पहुंचेगी इसके अलावा आज केरल से प्रवासी मजदूरों को लेकर एक विषेष ट्रेन हटिया के लिए खूलेगी इससे पहले कोटा से नौ सौ सत्तर छात्र छात्राओं को लेकर विषेष ट्रेन हटिया पहुंची जिन्हें सरकार द्वारा सकुषल अपने अपने गृह जिलों तक पहुंचाया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य से बाहर फंसे उन सभी प्रवासी मजदूरों को सरकार वापस अपने राज्य में लायेगी धनबाद जिला प्रषासन द्वारा दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए बसों का प्रबंध किया जा रहा है

जमशेदपुर के मुख्य द्वार के पास पारडीह में एक क्वॉरेंटाइन शिविर बनाया गया है जहां पर स्वास्थ्य पदाधिकारी और उनके सहयोगी आने वाले बच्चे की स्वास्थ्य जांच करेंगे

लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने लाभुकों को कम राषन देने समय पर द्वकान नहीं खोलने और कालाबाजारी करने सहित अन्य मामलों में बड़ी संख्या में राषन डीलरों पर कार्रवाई की है तीन सौ बावन राषन डीलरों का लाईसेंस निलंबित करने सहित बारह राषन डीलरों का लाईसेंस रदद कर दिया गया है और बावन राषन डीलरों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है इस संबंध में सात सौ दस राषन दुकानदारों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है खादय एवं आपूर्ति विभाग को विगत कई दिनों से राषन डीलरों द्वारा की जा रही गडबडियों की षिकायत मिल रही थी सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्दी ही एम एस एम ई क्षेत्र के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है श्री गड़करी ने कल नई दिल्ली में कहा कि राहत पैकेज की सिफारिश मंत्रालय और प्रधानमंत्री को भेज दी गई है उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को लोगों का जीवन और आजीविका सुनिश्चित करते हुए कोरोना महामारी के संकट से उमरने के प्रयास करने चाहिए विश्वव्यापी आर्थिक संकट का उल्लेख करते हुए श्री गड़करी ने कहा कि भारतीय उद्योगों के लिए यह शानदार मौका है और वे अपने कारोबार को नई ऊंचाईयों तक पहुंचा सकते हैं केन्द्र सरकार ने नोंवी और दसवीं कक्षा के लिए वैकल्पित शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है कैलेंडर में शिक्षा देने के लिए सोशल मीडिया और विभिन्न तकनीक के इस्तेमाल के लिए अध्यापकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं ये रूचिपूर्ण हैं जिनका इस्तेमाल बच्चे अभिभावक और अध्यापक घर पर रह कर भी कर सकते हैं इन तक मोबाइल फोन रेडियों टेलिविजन एसएमएस और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से पहंचा जा सकता है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल नई दिल्ली में कहा कि बहत सारे छात्रों के मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं हो सकता है या उनका मोबाइल फोन सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हो सकता है ऐसी स्थिति में अध्यापक अभिभावकों और छात्रों को एसएमएस या फोन के जरिये सलाह देंगे

उन्होंने कहा कि इस कैलेंडर में दिव्यांगों समेत सभी बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा श्री पोखरियाल ने कहा कि शैक्षिक कैलेंडर में पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में सप्ताहवार रूचिपरक और चुनौतिपूर्ण गतिविधियों का ब्यौरा दिया गया है इसका उर्देश्य छात्रों की सीखने के स्तर को मापना है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से भगवान श्रीकृष्ण की महिमा की कथा देखने की ें अपील की है खूंटी पुलिस ने भारी मात्रा में डोडा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है खूंटी जिले से अफीम तरकर तरबज की आड में करीब उन्नीस सौ किलोग्राम डोडा राजस्थान ले जा रहे थे खंटी पुलिस को गप्त सुचना मिली इसके बाद मारंगहादा क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान उक्त ट्रक को पकड़ा गया पुलिस दोनों तस्करों से प्रछताछ कर रही है तेलंगाना से चतरा आ रहे मजदूरों को एस्कॉर्ट कर लाने गई पुलिस वाहन के चालक आरक्षी दिनेश कुमार की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी जिनका पार्थिव शरीर कल देर शाम चतरा पुलिस लाइन लाया गया आरक्षी चालक को श्रद्वांजलि देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह जिला बिहार के मोतिहारी भेज दिया गया